मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात कर प्रदेश के विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर की चर्चा स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा सरकार द्वारा उठाए गए सुरक्षा उपायों के कारण कोरोना मामलों में आई गिरावट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

किसानों की सहायता के लिए उनके खाते में बड़ी राशि अंतरित की गई है

प्रधानमंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता देने की भी बात कही

इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में प्रस्तावित विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं पर भी प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की जयराम मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात कर मण्डी के नागचला में हवाई अड्डे के रेडार सर्वेक्षण में तेज़ी लाने का आग्रह किया मुख्यमंत्री ने शिमला और गग्गल हवाई अड्डों के रन वे के विस्तार के साथ शिमला हवाई अड्डे पर वायु परिवहन सेवा को दोबारा शुरू करने का अनुरोध भी किया केन्द्रीय मंत्री ने भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों को प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए सीतारामन इस बीच जयराम ठाकुर ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात कर वित्तीय हस्तांतरण में हिमाचल को विशेष महत्व देने का आग्रह किया

महेन्द्र सिंह बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में एचपीएमसी के निदेशक मंडल की एक बैठक आज शिमला में हुई

महेन्द्र सिंह ठाकुर ने एचपीएमसी की दिल्ली मुम्बई कोलकाता और चैन्नई स्थित संपत्तियों के बेहतर ढंग से प्रयोग को लेकर कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए सरवीण चौधरी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने आज धर्मशाला के सिहूं में पेयजल योजना के सुधारीकरण व विस्तारीकरण की आधारशिला रखी

इस दौरान उन्होंने ततवाणी में सिंचाई कूहल का उद्घाटन किया और महिला मंडलों को चैक भी वितरित किए

उन्होंने कोविड वैक्सिन उपलब्ध होने तक लोगों को सभी एहतियाती उपाय सख्ती से अपनाने का आह्वान किया है वीरेन्द्र कंवर मत्स्य पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछुआरों के लिए वरदान साबित होगी कांगड़ा ज़िला के फतेहपुर उपमण्डल के खटियाड़ में आयोजित मछुआरा लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही

इससे पहले वीरेन्द्र कंवर ने मछोट पंचायत में मुख्यमंत्री लोक भवन की आधारशिला भी रखी राम स्वरूप सांसद राम स्वरूप शर्मा ने केन्द्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कुल्लू से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला विकास व अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सभी केन्द्रीय योजनाओं के शत प्रतिशत लक्ष्यों को हासिल करना ज़रूरी है ताकि पात्र लोगों को समयबद्ध लाभ मिल सके

भाजपा बैठक भाजपा शिमला संसदीय क्षेत्र की एक बैठक आज वर्चअल माध्यम से आयोजित की गई बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप पार्टी प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सहप्रभारी संजय टंडन सहित शिमला संसदीय क्षेत्र के पालक व स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे बैठक में सभी जिलों का ब्यौरा लिया गया

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी के ज़िलाध्यक्षों से ज़िला परिषद व नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस विचारधारा से जुड़े लोगों को आगे लाने का आहवान किया है वे आज शिमला से जिलाध्यक्षों की वर्च्यअल बैठक को संबोधित कर रहे थे राठौर ने राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों से लोगों को अवगत कराने के अलावा चुनाव में आपसी समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए